कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में विधेयक पेश किया और बहस की शुरूआत की उन्होंने कहा कि यह स्त्री पुरूष समानता न्याय और गरिमा का मामला है इसलिए इसे वोट बैंक राजनीति की नजर से नहीं देखना चाहिए बहस में भाग लेते हुए अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तीन तलाक विधेयक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है एनडीए सरकार यह विधेयक पारित कर मुस्लिम महिलाओं की आजादी और अधिकार बहाल करने का प्रयास कर रही है आपको बता दें कि यह विधेयक लोकसभा ने पिछले सप्ता ह ही पारित कर दिया था स्लग स्मृति ईरानी और सीएम केन्द्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रदेश में पोषण योजना आगंनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था और टॉयलेट की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं आज देहरादून में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण बाल विकास और पोषण अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस बात को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि अतिक्पोषित और क्पोषित बच्चों को उचित पौष्टाहार प्राप्त हो ताकि ये सामान्य श्रेणी में आ सके

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन जिलों में भ्रमण करने के निर्देश दिये हैं जहां बाल लिंगानुपात कम है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य और जिला स्तरीय समितियों की बैठक समय समय पर आयोजित कराने की भी हिदायत दी स्लग समारोह हल्दवानी श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर उन्हें आधुनिकतम टूल किट वितरित किये जा रहे हैं हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और उनके आश्रितों के विवाह आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है

उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर शतप्रतिशत मजदूरों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये श्रम मंत्री ने महिलाओं का आह्वान करते हुए महिला उत्थान और बाल कल्याण संस्था द्वारा संचालित ट्रेनिंग का लाभ उठाने को कहा कार्यक्रम में श्रमिकों को साइकिल सिलाई मशीन छाते कम्बल और सैनेट्री नैपकिन किट भी वितरित किये गए

कार्मिकों से उनके विभाग की पहचान भी स्थापित होती है देहरादून में लोक सेवा में नैतिकता विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और सरकार में शामिल लोगों के आचरण से सरकार की छवि बनती है यदि अच्छी छवि है तो जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाता है उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा या उच्च पद पाने पर भी अगर व्यवहार सही नहीं है तो उच्च शिक्षा या पद का कोई औचित्य नहीं है उन्होंने कहा कि जितना ऊंचा पद होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है उन्होंने अधिकारियों को निर्णय लेने या फाईलों के निस्तारण में देरी की प्रवृत्ति से बचने की नसीहत दी

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हर सम्भव कोशिश करनी चाहिए उन्होंने कहा कि जनता अधिकारियों पर भरोसा करके अपनी समस्याओं को लेकर उनसे व्यक्तिगत रूप से या फोन पर सम्पर्क करते हैं इसलिए अफसरों की जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं को ध्यान से सुने और उनका समाधान करे वहीं डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि सभी अधिकारियों को नियमों की पूरी जानकारी होती है इन नियमों का पालन करते हए लोक सेवा में नैतिक आचरण बनाया रखा जा सकता है स्लग संगोष्ठी अल्मोड़ा अल्मोड़ा स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय एसएसजे परिसर में अल्मोड़ा जिले के इतिहास समाज और संस्कृति विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया

इस मौके पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति ने अल्मोड़ा के इतिहास को क्रांतिकारियों का इतिहास बताया उन्होंने कहा कि आजादी से पहले भारत के इतिहास को एकपक्षीय दिखाया गया है संगोष्ठी में कहा गया कि आजादी से पहले देश के इतिहास में चन्द्रशेखर आजाद सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरू सहित कई क्रांतिकारियों को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है उन्होंने इतिहास को नये स्वरूप में लाने की आवश्यकता पर बल दिया

दीक्षांत परेड की सलामी महानिरीक्षक प्रशिक्षण श्याम सुन्दर चतुर्वेदी ने ली

प्रशिक्षुओं को योग तैराकी घुड़सवारी मोटर ड्राइविंग आत्मरक्षा तकनीकी ड्रिल हथियारों का प्रशिक्षण मैप रीडिंग आपदा प्रबंधन सीमा प्रबंधन प्राथमिक उपचार सहित कई प्रशिक्षण दिये गये दीक्षांत समारोह में बेस्ट ड्रिल और टर्न आउट का पुरस्कार रामक़ष्ण ड्र्डी सर्वोत्तम फायरर का पुरस्कार शमशेर सिंह बाह्य प्रशिक्षण का पुरस्कार मृगेन्द्र सिंहबेस्ट इंड्योरेन्स का निमेश सामंत और ओवरआल बेस्ट का पुरस्कार प्रताप चौधरी को दिया गया

वहीं बागेश्वर और चमोली में सोमवार को रातभर बारिश होती रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

बारिश के चलते मलबा और बोल्डर गिरने से तीन सड़कें बंद हो गई हैं और कई वाहन फंसे हुए हैं जिले के कांडा क्षेत्र में हुई बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा गिरने से कांडा धपोलासेरा मोटरमार्ग कुछ जगह बाधित हो गया सड़क बंद होने से स्कूल बस समेत तमाम वाहन फंस गए हैं प्रशासन सड़क खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है जिले के अन्य क्षेत्रों में बारिश कम होने से उमस बढ़ गई है

इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कहा कि कृषि आत्मा योजना एवं आजीविका सहयोग परियोजना के सहयोग से यह विक्रय केन्द्र खोला गया है जिसके माध्यम से स्थानीय काश्तकारों के उत्पादों को एक उचित बाजार उपलब्ध होगा साथ ही जनता को गुणवत्तायुक्त और शुद्ध उत्पाद आसानी से प्राप्त होंगे जिलाधिकारी ने कहा कि इसके माध्यम से स्वंय सहायता समूह को भी लाभ होगा इसके बेहतर परिणाम मिलने पर अन्य विकासखंडों में भी हिलांस आउटलेट विक्रय केन्द्र खोले जाएंगे इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी भी इस केन्द्र के माध्यम से लोगों को दी जाएगी

आज कांवड़ियों ने पवित्र गंगा नदी से जल लाकर अपने शिवमंदिरों में जलाभिषेक किया सावन में मंगलवार को पड़ने वाली शिवरात्रि का ज्यादा महत्व माना गया है इस मौके पर तमाम शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ रही श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक के लिए देर रात से ही कतारों में लग गए थे हरिद्वार के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा खासकर कनखल स्थित दक्ष मंदिर में भारी संख्या में श्रद्वालू उमड़े माना जाता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने कनखल में ही निवास करते हैं उधर बागेश्वर जिले में काल भैरव मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई श्रद्दालुओं ने सरयू गोमती संगम तट पर स्नान के बाद मंदिरों में जल चढ़ाया स्लग आम की नई प्रजाति उद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर की ओर से विकसित की गई आम की नई प्रजातियां किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं उप निदेशक उद्यान डॉक्टर वीके गुप्ता ने बताया कि ये प्रजातियां लगातार फल देती हैं साथ ही इनमें अन्य गुण भी हैं जिससे ये किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कारगर साबित होंगी उन्होंने बताया कि केंद्र की विकसित की गई आम की प्रजाति पूसा अरुणिमा और पूसा श्रेष्ठ में मिठास कम होने के कारण इसे मध्मेह के रोगी ले सकते है इसके अलावा अरुणिमा बहुत मिठास पीताम्बर बड़े आकर लालिमा अपने रंग के लिए लोगों को काफी पसंद आ रही हैं इन प्रजातियों को लगाने से किसानों की आय में काफी बढ़ोत्तरी हो सकती है इन प्रजातियों को पिछले दिनों सहारनपुर में आयोजित अंतरराज्जीय आम महोत्सव और लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में पुरस्कृत भी किया जा चुका है